महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद कहा था कि ईश्वर हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है

कल उज्जैन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री गेहलोत ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी उन्होंने बताया कि विधेयकों से किसानों को अपने फसल के भण्डारण बिक्री की आजादी और बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कृषि बजट में वृद्धि की गई है

विस उपचुनाव विधानसभा उप चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है

बूथ लेवल एप से मतदाताओं द्वारा मतदान के समय उसकी पहचान डिजिटल तरीके से हो सकेगी इसमें मतदाता को प्रदाय वोटर स्लिप को मतदान केन्द्र पर स्केन करते ही उस समय तक कितने मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा चुका है इसकी पूरी जानकारी सर्वर पर मिल जाएगी और रीयल टाइम में मतदान का प्रतिशत भी ज्ञात हो सकेगा यदि कोई मतदाता पुनः वोट डालने आ जाता है तो बूथ लेवल एप तत्काल उसकी पहचान कर लेगा इससे फर्जी मतदान रोकने में सुविधा होगी प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को तकनीकी अधिकारी भी उपस्थित थे सीएम फसल बीमा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर किसान को फसल बीमा कंपनियों से प्ररा न्याय दिलाया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे किसान जिन्हें फसल बीमा दावा राशि नहीं मिली है अथवा कम मिली है उन सबका पक्ष बीमा कंपनियों के सामने सरकार मजबूती से रखेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में भारत सरकार से बातचीत भी की जाएगी मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में प्रदेश के किसानों को बीमा कंपनियों से प्राप्त दावा राशि के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे इस दौरान श्री चौहान ने कहा के इस बार अच्छी बारिश हुई है अतः किसान जल्दी बुवाई कर सकते हैं ऐसे में उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी

पन्ना जिले में कल एक नया कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है

दुर्गा उत्सव राज्य सरकार ने दूर्गा उत्सव के दौरान स्थापित की जाने वाली दूर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है इसी तरह पंडाल के आकार को भी बंढ़ा दिया है

दुर्गा उत्सव पर गरबा की अनुमति भी नहीं होगी दशहरा उत्सव पर रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा परंतु सभी आयोजनों में मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसी सावधानियां पूरी तरह अनिवार्य रहेंगी

इससे पहले अबूधाबी में खेले गए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर ने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से हरा दिया आज के मुकाबलों में शारजाह में साढ़े तीन बजे मुंबई इंडियन्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और दुबई में शाम साढ़े सात बजे किंग्स इलेवन पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा

यहां निर्वाचन के दौरान होने वाले खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी